सक्रिय मामलों की संख्या उनतालीस हजार के पार

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना के अबतक के सर्वाधिक सात हजार आठ सौ सत्तर नये मामलों की पुष्टि हुयी है यह कोविड संक्रमण के मामलों में अब तक की एक दिन में सबसे अधिक बढ़ोतरी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में अब कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर उनतालीस हजार से अधिक हो गयी है गौरतलब है कि बीते गुरूवार और शुक्रवार को मिलाकर राज्य में कोविड के बारह हजार से अधिक मामले रिकॉर्ड किये गये हैं कोविड के सबसे अधिक संक्रमण के मामले पटना जिले में दर्ज किये गये हैं पटना में एक हजार आठ सौ अंठावने नये मामलों की पुष्टि हुई है वहीं गया में छह सौ दस और मुजफ्फरपुर में पांच सौ इकतालीस कोविड के नये मामले दर्ज किये गये हैं जबकि भागलपुर में तीन सौ बाईस मामलों की पुष्टि हुई है देश में पिछले चौबीस घंटे में कोविड उन्नीस के दो लाख चौंतीस हजार छह सौ बानवे नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही देश भर में अब तक एक करोड़ पैंतालीस लाख से अधिक लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में एक लाख तेईस हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या सोलह लाख उनासी हजार से अधिक है जो कुल संक्रमित मामलों का ग्यारह दशमलव पांच छह प्रतिशत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि कोविड महामारी के नियंत्रण को लेकर कोई बड़ा निर्णय कल किया जायेगा राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में कोविड की स्थिति पर आयोजित सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि कल सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिये प्रदेश में कोविड के हालात पर चर्चा होगी इसके अलावा क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रूप की बैठक में भी विभिन्न सुझाओं और बिंदुओं पर विचार किया जायेगा इन बैठकों में हुई चर्चा के बाद ही कोविड नियंत्रण को लेकर निर्णय किया जायेगा

बैठक में भाजपा जदयू राजद कांग्रेस लोजपा वाम दल सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये भाग लिया इसके अलावा उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थ्त रहे सर्वदलीय बैठक में कोविड नियंत्रण के लिए लॉकडाउन और नाईट कर्फ्यू सहित विभिन्न उपायों पर राजनीतिक दलों से सुझाव लिये गये सत्तारूढ़ दलों के अलावा विपक्ष के दलों ने बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये इसमें कोविड रोगियों के इलाज की बेहतर सुविधा ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं की कमी दूर करने की बात कही गयी इसके अलावा कोविड जांच के लिए बेहतर प्रबंधन और निगरानी के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने की बात कई दलों ने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश में कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति और टीकाकरण की प्रगति को लेकर आज रात आठ बजे एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री और शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे रेलवे ने रेलगाड़ियों में और स्टेशनों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर पांच सौ रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है मंत्रालय ने देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ये कदम उठाया है इस संबंध में सभी रेल जोन के महाप्रबंधकों को पत्र लिखा गया है मंत्रालय ने कहा है कि केन्द्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले छह महीने तक लागू रहेगा

हालांकि देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उन्होंने कहा कि देश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जैसी आवश्यक सुविधाओं की कोई कमी नहीं है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार चिकित्सा से जुडे बुनियादी ढांचे में लगातार सुधार कर रही है गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह कोविड संक्रमित हो गये हैं संक्रमण की प्रष्टि के बाद जिलाधिकारी पृथकवास में रह रहे हैं इधर जिले के सिविल लाईन थाना के ग्यारह पुलिसकर्मी भी कोविड संक्रमित पाये गये हैं वहीं मुजफ्फरपुर जिले में तिरहुत क्षेत्र के शिक्षा उपनिदेशक जेएम झा की भी कोविड जांच पॉजिटिव आयी है बांका जिले के बेलहर थाना क्षेत्र में पदस्थापित बिहार सैन्य पुलिस के एएसआई जिआउद्दीन खान की कोविड संक्रमण से भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज को दौरान मृत्यु हो गयी मुजफ्फरपुर जिले में कोविड मानकों के उल्लंघन के मामले में नब्बे वाहनों से दो लाख इकहत्तर हजार से अधिक रूपये का जुर्माना वसूल किया गया अररिया जिले में रमजान को देखते हुये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और अतिरिक्त स्वास्थ्य कोन्द्रों में शाम छह बजे से रात नौ बजे तक कोविड का टीका लगाया जायेगा बेगूसराय जिले में आज कोविड के तीन सौ एक नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ कर एक हजार दो सौ चौंसठ हो गयी है शेखपुरा जिले में कोविड संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है आज संक्रमण के अंठावन नये मामले दर्ज किये गये जिले में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर चार सौ ग्यारह हो गयी है वहीं अरवल जिले में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर पांच सौ छह हो गयी है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि लोगों द्वारा कोविड दिशा निर्देशों का ठीक से पालन न करने के कारण कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक इतनी वृद्धि हुई है उन्होंने लोगों से कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया

वैक्सीनेशन साथ साथ चल रहा है हमको कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर यानी मास्क साबुन से हाथ धोना है और दो गज की दूरी और जो बड़े बड़े भीड़ वाले इवेंट्स हैं इनको अवॉयड करना है मजबूरी में जाना भी पड़ता है तो भी जो है प्रिकोशन्स को नहीं छोड़ना है

प्रदेश में कल उनतालीस हजार दो सौ सैंतीस लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये गये अब तक प्रदेश में छप्पन लाख संतावन हजार नौ सौ तिरपन लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है इनमें से उनचास लाख अड़तालीस हजार आठ सौ चौबीस लोगों को टीके की पहली डोज जबकि सात लाख नौ हजार एक सौ उनतीस लोगों को दूसरी खुराक दी गयी है इधर देश में अब तक बारह करोड़ से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाये गये हैं एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल ने आकाशवाणी से बातचीत में सभी पात्र लोगों से कोविड टीका लेने की अपील की है बाईट जैसे जैसे केसेज बढ़ रहे हैं हमलोगों को समझने की जरूरत है कि हम कह रहे हैं कि वैक्सीन आपकी जान बचा सकता है अगर डरने की जरूरत है आप इस बीमारी से डरिए वैक्सीन से नहीं वैक्सीन सेफ और काफी इफेक्टिव है समझने की जरूरत है कि वैक्सीन का जो प्राइमरी काम है अगर बाइचांस आपको वैक्सीन लेने के बाद इनेफेक्शन हो भी गया तो किसी भी सीवियर बीमारी में कन्वर्ट होने से आपके जो बीमारियां इतने डेवलप न हो कि आपको वेंटिलेटर पर जाने की जरूरत पड़े इन सब चीजों से बचाने में आपकी मदद करता है झारखंड उच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को करोड़ों रूपये के चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत दे दी इससे जेल से उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया न्यायालय ने श्री यादव को जमानत अवधि के दौरान बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ने अपना पता और मोबाइल फोन नम्बर नहीं बदलने के निर्देश दिये हैं श्री यादवके वकील ने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर करते हुए कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष ने अपने कारावास का आधा समय पूरा कर लिया है इसलिए उन्हें जमानत दे देनी चाहिए जमानत याचिका में उनके स्वास्थ्य की खराब स्थिति का भी जिक्र किया गया है श्री यादव को चारा घोटाला के चार मामलों में दोषी ठहराया गया है उन्हें पहले मामलें में वर्ष दो हजार तेरह में सजा हुई थी दो और मामलों में उन्हें दो हजार सत्रह और दो हजार अठारह में सजा दी गई श्री यादव दिसम्बर दो हजार सत्रह से कारावास में हैं उन्हें वर्ष दो हजार अठारह में भारतीय दंड संहिता के तहत सात वर्ष कारावास की सजा दी गई इसके अलावा चारा घोटाले के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत भी उन्हें सात वर्ष की सजा मिली है श्री यादव को चारा घोटाले के तीन अन्य मामलों में जमानत मिल चुकी है और वह दुमका कोषागार से अवैध रूप से तीन करोड़ तेरह लाख रूपये निकालने से संबंधित मामले में निर्णय का इंतजार कर रहे थे फिलहाल यह दिल्ली के अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान में इलाज करा रहे हैं लोक आस्था का महापर्व चैती छठ के दूसरे दिन आज छठव्रती खरना का अनुष्ठान कर रहे हैं कल व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे जबकि सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही चार दिवसीय अनुष्ठान सम्पन्न हो जायेगा कोरोना के बढ़ते संकट के बीच इस बार छठ व्रती अपने घरों में ही यह अनुष्ठान कर रहे हैं इधर चैत्र नवरात्र के पांचवें दिन माँ दुर्गा के स्कंदमाता स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है मौसम विभाग ने चक्रवाती परिसंचरण के कारण अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है मौसम वैज्ञानिक अभिषेक प्रकाश ने बताया कि इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज आंधी चलने की भी आशंका है

कटिहार अररिया सुपौल पूर्णियां और आस पास के इलाकों में तेज आंधी के साथ हल्की बारिश भी हुई है तेज आंधी से कई पेड़ उखड़ गये और कच्चे मकानों के छप्पर भी उड़ गये आम के साथ साथ अन्य फसलों को आंधी के कारण क्षति हुई है

पिछले चौबीस घंटों में रिकॉर्ड सात हजार आठ सौ सत्तर नये मामलों की पुष्टि सक्रिय मामलों की संख्या उनतालीस हजार के पार